रायपुर कलेक्टर ओपी चौधरी ने आईएएस पद से दिया इस्तीफा जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सोनी को सौंपा गया रायपुर कलेक्टर का प्रभार

बिलासप्र मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के नए भवन का उद्घाटन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी में ज्ञान कौशल और व्यावसायिक दक्षता का होना जरूरी है तभी एक न्यायिक अकादमी में उसका प्रशिक्षण सफल माना जाएगा उन्होंने कहा कि न्याय को हासिल करना हम सबका संवैधानिक अधिकार है जो बिना आधारभूत संरचनाओं को संभव नहीं है श्री मिश्रा ने संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इसका अधिकतम लाभ लें और न्यायिक संवेदना ज्ञान और व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करें समारोह को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि वे कर्म योगी हैं और उनका व्यक्तित्व एक कवि लेखक दार्शनिक तथा जज के रूप में हैं कलेक्टर इस्तीफा रायपुर कलेक्टर ओपी चौधरी ने आईएएस पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिये अपने इस्तीर्फ की पुष्टि की है श्री चौधरी ने कहा है कि मैं अपनी माटी और अपने लोगों की सेवा के लिए अपना पूरा समय देना चाहता हूं इसलिए मैंने आईएएस से त्याग पत्र दे दिया है श्री चौधरी दो हजार पांच बैच के आईएएस थे उधर केंद्र सरकार ने ओपी चौधरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है इस बीच राज्य शासन ने ओपी चौधरी की जगह जिला पंचायत रायपूर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सोनी को नियमित कलेक्टर की पदस्थापना तक रायपुर कलेक्टर का प्रभार सौंपा है दीपक सोनी दो हजार ग्यारह बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी हैं ग्राम सभा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में आगामी अटठाईस अगस्त को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी इन ग्राम सभाओं में शोक प्रस्ताव पढ़कर और दो मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जाएगी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है परिपत्र के साथ शोक प्रस्ताव का प्रारूप भी भेजा गया है परिपत्र में कहा गया है कि विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन तथा जिला और जनपद पंचायतों की सामान्य सभाओं में शोक प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी इकतीस अगस्त से पहले पंचायत संचालनालय को भेजी जाए विस चुनाव पेड न्यज भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया प्रमाणन और पेड न्यूज के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये तैयारियों की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए श्री ओझा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन तथा अन्वीक्षण समितियां रहेंगी यह समितियां राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का प्रमाणीकरण पेड न्यूज की मॉनिटरिंग और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा आदर्श आचरण संहिता के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी करेगी यह समितियां निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के संज्ञान में ऐसे मामलों को लाएंगी डेंगू सुरक्षा राज्य सरकार ने डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को सार्वजनिक पेयजल स्रोतों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विशेष सचिव पी अन्बलगन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य जल और स्वच्छता मिशन की कार्यकारिणी की बैठक में डेंगू की बीमारी पर नियंत्रण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भुमिका पर भी चर्चा की गई बैठक में श्री अन्बलगन ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर पेयजल स्रातों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि विभागीय प्रयोगशालाओं में शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं के पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई जाए आवास योजना केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए एक लाख बारह हजार से अधिक किफायती आवासों के निर्माण की मंजूरी दी है प्रस्तावित मकानों की स्वीकृति के बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या चौव्वन लाख पंचानवे हजार से अधिक हो जाएगी

आकाशवाणी से प्रसारित मासिक कार्यक्रम की इस सैंतालीसवीं कड़ी को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से सुबह ग्यारह बजे प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा वायुसेना भर्ती रैली राजधानी रायपुर में आगामी तीस अगस्त से वायुसेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है जो पांच सितंबर तक चलेगी इस रैली के माध्यम से भारतीय वायुसेना सुरक्षा के पदों पर भर्ती की जाएगी भर्ती रैली में राज्य के सभी जिलों के पात्र और इच्छुक पुरूष युवा भाग ले सकेंगे आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रैली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण इकतीस अगस्त और तीन सितंबर को आयोजित किया जाएगा इकतीस अगस्त को दंतेवाड़ा बस्तर दूर्ग रायगढ़ राजनांदगांव धमतरी महासमुंद कांकेर बीजापुर सुकमा कोंडागांव नारायणपुर गरियाबंद और बालोद जिला के युवा भाग ले सकेंगे जबकि तीन सितंबर को बलौदाबाजार बलरामपुर बेमेतरा बिलासपुर जांजगीर चांपा जशपुर कबीरधाम कोरिया कोरबा मुंगेली रायपुर सरगुजा और सूरजपुर के युवा शामिल हो सकेंगे इस भर्ती रैली में पहले से आवेदन करने की आवश्कता नहीं है युवा रैली में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथि को सुबह पांच से नौ बजे तक टोकन प्राप्त कर सकेंगे उल्लेखनीय है कि आवेदकों की आयु सत्रह से इक्कीस वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वे किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से बारहवीं कक्षा कम से कम पचास प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो जिसमें अंग्रेजी विषय में पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन कल प्रदेश में हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाएगा रक्षाबंधन के मद्देनजर इन दिनों बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है बहनें भाईयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधने के लिए बाजार से तरह तरह की आकर्षक राखियां खरीद रही हैं पूरा बाजार रंग बिरंगी खूबसूरत और डिजाईनर राखियों से सजा हुआ है इसके अलावा कपड़े और मिठाईयों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं डॉक्टर सिंह ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि रक्षाबंधन का यह पर्व पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी परस्पर प्रेम और संद्भावना का संदेश लेकर आता है उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की सभी बहनों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है कबीरधाम जिले की सीमा पर सुरक्षा में लगे डीआरजी कैंप कुंडपानी के जवानों को आज सरस्वती शिशु मंदिर के छात्राओं ने राखी बांधी मौसम मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है वहीं अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी ओडिशा के तटीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसके प्रभाव से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में जांजगीर चांपा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर की मोना सेन को छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया है कांकेर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने कोडेकुर्सी थाना क्षेत्र के ओटेकस्सा के जंगल से छह टिफिन बम एक कंटेनर और वायर बरामद किया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत आगामी तीस अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं श्री रावत इंकतीस अगस्त को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे संचार क्रांति योजना के तहत रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी आठ सिंतबर से एक अक्टूबर तक स्मार्ट फोन वितरण का कार्य किया जाएगा